प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना के नये मामलों में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है

धार में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करने की अपील की गई है नरसिंहपुर में रोको टोको अभियान चलाया जायेगा खंडवा में अमरावती व महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों की अनावश्यक यात्रा न करने को कहा गया है शिवपुरी में महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों को नाके पर ही चैक किया जाएगा

डिंडोरी में प्रशासन ने कहा है कि त्यौहारों के दौरान मास्क व सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करें

इस संबंध में शासन स्तर पर आज निर्णय लिया जाएगा अपर मुख्य सचिव गृह डॉ राजेश राजौरा ने बताया है कि कोविड महामारी की रोकथाम के क्रम में कलेक्टरों द्वारा जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकेगा हालाँकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी जिले द्वारा नाइट कर्फयू लगाने के पूर्व उसे सरकार से अनिवार्य रूप से अनुमति लेना होगी

पीएम किसान की शुरूआत देश भर के सभी किसानों के परिवारों को सहायता प्रदान कर आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था

उपार्जन अनुमान के अनुसार अनाज के भंडारण परिवहन बारदाना और वित्तीय व्यवस्था की तैयारी विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही है

उन्होंने बताया कि देश में मरीजों की संख्या अब डेढ लाख से नीचे आ गई है जो कुल मरीजों का एक दशमलव तीन चार प्रतिशत है इसमें लगातार कमी आ रही है क्रिकेट भारत और इंग्लैंड के बीच चार क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज से अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेला जायेगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस स्टेडियम का उदघाटन करेंगे ये मैच गुलाबी गेंद से होगा

इसमें एक लाख दस हजार लोग बैठ सकते हैं